कल आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दो अत्याध्रनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बात बड़ी प्रसन्नता की है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है ये संस्थान हैं ग्जरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंघान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इसका उपयोग आधुनिकता के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए

हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक एप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझायों जा रहा है आज देश में सस्ते और प्रमावी ईलाज के साथ साथ प्रिवेटिव हेत्थ केयर पर वेलनैस ज्यादा फ्रोक्स किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद आज सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं रह गया है बल्कि यह देश की स्वास्थ्य नीति का प्रमुख आधार बन गया है उन्होंने बताया कि लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान बनाया जा रहा है जिसमें स्थानीय सोवा रिगपा चिंकित्सा पद्वति के बारे में अध्ययन और अनुसंधान की सुक्विधा होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनियाभर में बड़ी तेजी से बढ़ी है कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जब्री बूटियां जैसे अश्वगंघा गिलोय तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बब्री क्योंकि मांग बढ़ी लोगों का विश्वास बढ़ा मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंघा की कीमत पैछले साल के मुकाबले दो गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है इसका सीधा लाम इन पौषो इन जड़ी बुटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है श्री मोदी ने कहा कि हल्दी और अदरक जैसी चीजों का निर्यात काफी बढा है क्योंकि इन्हें रोग प्रतिरोध क्षमता बढाने वाला माना जाता है इससे यह साबित हो जाता है कि द्नियाभर में आयुर्वेद उपचार और भारतीय जडी ब्रेटियों में लोगों का भरोसा बढा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक ओर टीकों के परीक्षण में लगा है तो दूसरी ओर वह कोविड से निपटने में आयूर्वेदिक अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढा रहा है उन्होंने कहा कि इस समय नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सहित एक सौ से अधिक संस्थानों में आयुर्वेद पर अनुसंधान हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों और जडी बूटियों पर विशेष जोर देने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढाने वाले पौष्टिक आहार पर भी अनुसंधान होना चाहिए उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय समूचे देश के लिए एक विस्तृत योजना बना रहा है जिससे विश्वभर में आरोग्य को बढावा देने में देश का योगदान बढेगा उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों को किसानों की आमदनी बढाने के उपाय खोजने चाहिए श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के प्रकोप के बाद अश्वगंधा गिलोय और तुलसी जैसी जड़ी ब्रियों के दाम काफी बढ गए हैं किसान इनकी खेती करके फायदा उठा सकते हैं

इस अवसर पर सरयू तट राम की पैड़ी तथा अन्य स्थानों पर रिकार्ड पांच लाख इक्यावन हजार से अधिक मिट्टी के दीये प्रज्वलित किये गये

राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक मंत्री और गणमान्य व्यक्तियों ने कल अयोध्या पहंच कर रामलला का दर्शन पजन किया और दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया दीपोत्सव मेले के दौरान यहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति की गयीं

उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपूर नगर वाराणसी और मेरठ जनपद में कोरोना रिकवरी दर को बेहतर करने के लिये इलाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाये

उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद हर जनपद में लोन मेले आयोजित किये जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को जाड़ा बढ़ने से पहले स्वेटर का वितरण कर दिया जाये मुख्यमंत्री ने विन्ध्य क्षेत्र में हर घर नल योजना के अन्तर्गत पेयजल स्कीम को शुरू करने के लिये सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये

लोग अपने अपने घरो की साफ सफाई कर रहे हैं जहां शाम ढ़लते ही दीओं और मोमबत्तियों की रौशनी जगमगा उठेगी सभी स्थानों पर देर शाम सुख सम्पत्ति और धन की देवी माता लक्ष्मी तथा विघ्नविनाशक भगवान श्रीगणेश की पूजा अर्चना की जायेगी कल ही नरक चतुर्दशी हनुमान जयंती तथा काली चतुर्दशी भी मनायी गयी वाराणसी के संकटमोचन और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़े श्रद्वालुओं ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की संकटमोचन मंदिर में कल सुबह साढ़े पांच बजे हनुमान जी का विशेष श्रंगार करके आरती की गयी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की श्भकामनाए दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्ववान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है आज कल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही लोकल फॉर दीवाली इसके मंत्र को इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है मेरा बनारस के लोगों से भी और देखवासियों से भी मेरा कहना है कि लोकत फॉर दीवाली को खुब प्रमोट करें खुब प्रचार करें हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा लोकल की वर्चा करेगा लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा नर्य नये लोगों तक ये बात पहुंचायेगा कि हमारे लोकत प्रोडक्ट कितने थच्छे हैं कितने शानदार हैं किस तरह हमारी पहचान है तो यह बातें दूर दूर तक जायेगी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि इस बार दीपावली पर वे एक एक दीया सैनिकों के सम्मान में जलाएं एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दीया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं में अपने उन जाबांज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर ढटे हैं भारत माता की सेवा और सुरखा कर रहे हैं हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं हमें घर में एक दीया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में मी जलाना है मैं वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन पूरा देश आपके साथ है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को दीप पर्व दीपावली की शुभकामनायें दी हैं